इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि इस नीलामी के बाद जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भर होने का सबक सीख लिया है

झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार बढ़ रही है राज्य में अबतक एक हजार एक सौ बासठ कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ चौबीस हो गई है राज्य के चार जिलों देवघर साहिबगंज द्रमका तथा गोड्डा में कोविड का कोई सक्रिय मामला अभी नहीं है वहीं पांचवें जिले पलामू में सिर्फ एक मरीज पॉजिटिव है

इनमें गिरिडीह गढ़वा लातेहार पलाम खूंटी तथा बोकारो शामिल हैं इधर राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती एक महिला समेत दो मरीजों की मौत हो गई इनमें से रामगढ़ के रजरप्पा का रहने वाला एक मरीज दो दिन पहले ही कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ था लेकिन अन्य बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो गई वहीं टीबी व कृछ अन्य जटिल बीमारियों से जुझ रही रांची के पिठोरिया की रहनेवाली कोरोना संक्रमित महिला की भी मौत हो गई उक्त महिला का पति भी कोरोना संक्रमित है जिसका इलाज रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है वहीं राज्य में अबतक एक हजार आठ सौ छयानबे मरीज मिले हैं जिसमें दस लोगों की अबतक मौत हई है

इस के बारे में श्री भार्गव ने विस्तृत जानकारी दी

इसके तहत राज्यभर के चालीस से अधिक उम्र के सभी लोगों का घर घर जाकर डाटा लिया जाएगा और बाइस से चौबीस जून तक उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी

स्वास्थ्य सर्वे के दौरान उच्च रक्तचाप दमा लीवर कैंसर और मोटापा सहित कोरोणा के लक्षणों की जांच की जाएगी इस सर्वे अभियान में सहिया एनएम और सीएचओ घर घर जाकर सूची तैयार करेंगे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

राजधानी रांची में कल झारखंड मंत्रालय में हई कैबिनेट की बैठक में कल पच्चीस प्रस्तावों पर मुहर लगी

राज्य सरकार ने इसके साथ ही प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है अब पांच लाख से ज्यादा का कारोबार करने वालों को प्रोफेषनल टैक्स भरना होगा जीएसटी के तहत निबंधित सभी संस्थान या व्यक्तियों से इस कर की वसूली होती है राज्य सरकार ने खनिजों पर भी सेस बढाने का फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इक्कीस जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है

यह निषेधाज्ञा कल सुबह सात बजे से मतगणना कार्यक्रम की शांतिपूर्ण समाप्ति के दो घंटे के बाद तक लागू रहेगी

इस दौरान उक्त क्षेत्रों में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों शवयात्रा तथा विवाह कार्यक्रम को छोड़कर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं होंगे वहीं सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा

परामर्श में मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इसके लिए तीन सुत्री नीति बनायी जानी चाहिए जिसके अंतर्गत छह महीने के लिए अल्पावधि एक साल के लिए मध्यावधि और एक से तीन के लिए दीर्घावधि उपाय किये जाने चाहिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा द्वारा भेजे गये इस परामर्श में मोटर रहित वाहनों के संचालन को बढावा देने की बात कही गयी है

भारत चीन सीमा पर शहीद हुए साहेबगंज और बहरागोड़ा के जवानों का पार्थिव शरीर आज शाम चार बजे रांची हवाई अड़डा पहुंचेगा वहीं उन्हें श्रद्वांजलि भी दी जाएगी उसके बाद शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतुक गांव भेजा जाएगा साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड के डीहारी गांव के चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद जवान कृंदन ओझा के घर पर कल दिनभर लोगों का तांता लगा रहा उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड की चिंगडा पंचायत के कोसाफलिया गांव के सेना के जवान गणेश हांसदा के शहीद होने की खबर जवान के घर कल भीड़ उमड़ पड़ी

दोनों लेवी नहीं मिलने पर बीड़ी पत्ता गोदाम में आग लगाने पहुंचे थे